गौरतलब है कि गणतंत्र दिवस के झांकी में भाग लेने के लिए बत्तीस राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने अपने झांकी भेजी लेकिन इनमें से सिर्फ चौदह राज्यों के झांकी को विशेषज्ञ समिति ने चयन किया और पूर्वोत्तर राज्यों से सिर्फ सिक्कीम और अरुणाचल को चुना गया है सूचना और सार्वजनिक संबंध विभाग के कला विशेषज्ञ ध्रब भटटाचार्जी और कलाकारों के एक दल ने पिस वीदिन विषय पर झांकी को तैयार किया विधायक कालिंग मोयोंग ने गुरुवार को पासीघाट डिब्रुगड़ बस सेवा को हरी झंडी दिखाई यह बस सेवा ईस्ट सियांग जिले के पासीघाट बाजार से बोगीबिल होते हुए डिब्रगड़ पहुंचेंगे बस सेवा का उदघाटन करते हुए श्री मोयोंग ने कहा कि बोगीबिल सड़क सह रेल ब्रीज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की और से भारत के पूर्वी इलाको खासकर अरुणाचल और असम के लिए एक तोहफा है इस अवसर पर उन्होंने कहा कि वंचित वर्गो का डिब्रगड़ में चिकित्सा उपचार के लिए और ईस्ट सियांग जिले के लोगों के लिए यह बस सेवा सस्ती यात्रा मुहैया कराएगा

कंपनी ने अपने एक बयान में कहा कि हायुलियांग क्षेत्र के सौ गांवो में ग्राहक सबसे तीव्र डाटा एयरटेल नेटवर्क का अनुभव कर पायेंगे

पूर्वोत्तर एयरटेल मुख्य कार्यकारी अधिकारी रविंद्र देसाई ने कहा कि सरकार की डिजिटल विजन के प्रति कंपनी प्रतिबद्ध है और कंपनी अपनी सेवओं के विस्तार में लगे रहेंगे उच्चतम न्यायालय ने मेघालय की एक खदान में पिछले बाईस दिन से फंसे पंद्रह लोगों की तलाश के लिए किए जा रहे बचाव कार्य पर असंतोष व्यक्त किया है न्यायालय ने राज्य सरकार से कहा है कि खदान में फंसे लोगों को हर हालत में बाहर निकाला जाए सरकार की तरफ से पेश वकील ने इनके लिए गए प्रयासों के बारे में न्यायालय को जानकारी दी राज्यसभा ने कल निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा अधिकार संशोधन विधेयक दो हजार अट्ठारह को मंजूरी दे दी इसके साथ ही विधेयक संसद से पारित हो गया है लोकसभा पहले ही इसे पारित कर चुकी है विधेयक में विद्यालयों में बच्चों को फेल नहीं करने की नीति को समाप्त करने के लिर शिक्षा के अधिकार कानून दो हजार नौ में और संशोधन करने का प्रावधान है वर्तमान व्यवस्था के अनुसार आठवी कक्षा तक छात्रों को फेल नहीं किया जा सकता है लेकन संशोधन के अनुसार राज्यों को अधिकार दे दिया जाएगा कि फेल नहीं करने की नीति को वह जारी रखे या नही विधेयक पर चर्चा का जवाब देते हुए मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने राज्यसभा को आश्वासन दिया कि अगर कोई बालक या बालिका फेल हो जाती हो तो भी उसे स्कूल से निकाला नहीं जाएगा राज्यसभा ने कल राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद संसोधन विधेयक दो हजार अटठारह पारित कर दिया इसके साथ ही विधेयक संसद से भी पास हो गया है लोकसभा इसे पहले ही पारित कर चुकी है विधेयक में परिषद की मंजूरी के बिना शिक्षक शिक्षा पाठ्यक्रम चलाने वाले केंद्र और राज्यों के संस्थानों को पिछली तारीख से मान्यता देने का प्रावधान है यह मौका एक ही बार के लिए दिया गया है ताकि गैर मान्यताप्राप्त संस्थान डिग्री प्राप्त करने वाले लगभग सत्रह हजार छात्रों का भविष्य सुरक्षित हो सके

राज्यसभा में आज कई महिला सदस्यों ने संसद तथा राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए तैतीस प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था करने की जोरदार मांग की यह मामला शुन्यकाल के दौरान उठाया गया

समाजवादी पार्टी की जया बच्चन ने कहा कि उनकी पार्टी राज्यसभा में पारित महिला आरक्षण विधेयक के खिलाफ नहीं है उन्होंने सुझाव दिया कि दलित महिआलों के लिए भी विधेयक में व्यवस्था की जानी चाहिए